मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संकमण को फैलने से रोकने के लिए जनता को हैल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना करने की दी हिदायत

मौसम विभाग ने कोटा अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अगले तीन से चार दिनों में भारी से अति भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी

इस बीच सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संकमण के बढ़ते आंकड़ों के मददेनजर जिला प्रशासन ने बाजार के खुलने के समय में परिवर्तन किया है

उन्होंने पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रोटोकॉल का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करें उन्होंने कोविड केयर अस्पतालों की गहन चिकित्सा इकाइयों तथा वार्डों में कर्मठता से काम करने वाले चिकित्सकों नर्सिंगकर्मियों को अतिरिक्त मानदेय देने के निर्देश दिए श्री गहलोत ने कल जयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा अधिकारियों के साथ चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आमजन के जीवन की रक्षा करने के लिए नियमों से कोई समझौता नहीं करेगी और प्रदेश में सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों का पालना करना होगा

ईएसआईसी अंटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है

बाद में अभियान की सफलता को देखते हुए आयोग ने इसे पूरे देश में लागू करने का फैसला किया

वित्त मंत्रालय ने कहा है कि एक लाख करोड़ रूपये से अधिक ऋण दिये जा चुके हैं

मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है

आरोपी ने यह राशि परिवादी से मकान का पट्टा जारी करने की एवज में मांगी थी